विभाग ने देश भर में स्वदेशी खिलौनों के उत्पादन और बिक्री बढाने की दिशा में व्यापक कार्य योजना तैयार की है

इसका उद्देश्य स्वदेशी खिलौनों की गुणवत्ता को प्राथमिकता देते हये खिलौनों के उत्पादन में केन्द्र राज्यों और संबंधित हितधारकों के समन्वित प्रयासों को आगे बढाना है

स्वास्थ्य सेवा दिवस कल पूर्ण स्वास्थ्य सेवा दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आयष्मान भारत के अंतर्गत सरकार स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों तथा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से देश के करोड़ों लोगों के लिए सस्ती और स्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करा रही है

तोमर क़षि कानून केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार किसानों का समग्र विकास स्निश्चित करने और कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने के हरसंभव प्रयास कर रही है उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के सुधारों का लाभ किसानों को मिलना शुरू हो गया है देश में किसानों का डेटा बैंक बनाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि इसका उपयोग किसानों को मुदा स्वास्थ्य और बाढ़ की जानकारी देने और खेतिहर भुमि का रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाएगा कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार खेतीबाड़ी को लाभकारी बनाना चाहती है ताकि किसानों के लिए लाभ की गारंटी हो

उन्होंने लोगों से मास्क लगाने और जरूरत पड़ने पर ही घरों से निकलने की अपील की है